लॉकडाउन चौथा दिन कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए देषभर में पूर्ण लॉकडाउन किया गया है इस दौरान लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है वहीं लॉकडाउन के चौथे दिन राज्य में जागरूकता की कमी देखी गई कई जगहों पर सड़कों और सब्जी मंडियों में लोगों की भीड़ दिखी लोग सोषल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं दिखे

इसके साथ ही अब उन्नीस मौतें सहित कल मामलों की संख्या आठ सौ तिहत्तर हो गई है नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन कोरोना वायरस की ट्रांसमिशन की श्रृंखला को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के संचारी रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर रमन आर गंगाखेडकर ने बताया कि शुरूआत में कोरोना पीडितों की संख्या कम होने के कारण भारत ने इस परीक्षण में हिस्सा नहीं लिया था

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सुचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने संपर्क प्रणाली की स्थापना की है ताकि झारखण्ड के बाहर फंसे हुए झारखण्डवासियों को मदद की जा सके संपर्क प्रणाली के माध्यम से लोग अपने समूह में एक या दो प्रतिनिधि का ही नंबर डायल सकते हैं ताकि जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई की जा सके अन्य जानकारी के लिए राज्य के कण्ट्रोल रूम नंबर जारी किए गए हैं मुख्यमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को झारखण्ड राज्य नोडल अधिकारियों को समर्थन एवं अनुरोध का जवाब देने के लिए अपने अधिकारियों को निर्देशित करने के लिए आग्रह किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार देश भर में फंसे लोगों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को विभिन्न राज्य का नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया है जो राज्यों में फंसे लोगों को हर संभव राहत और सहायता हेत् समन्वय स्थापित कर रहे हैं वहीं भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि कई मजदूरों की षिकायतों का निपटारा करने में परेषानी हो रही है राज्य के नोडल अधिकारियों से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देष के सभी मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि वे समन्वय स्थापित कर फंसे हुए लोगों की मदद करें श्री सोरेन ने देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे झारखण्ड वासियों से आग्रह करते हुए कहा कि अभी लॉक डाउन की वजह से वापसी मुश्किल है राज्य सरकार उनतक मदद पहुंचाने का हर सम्भव प्रयत्न कर रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की घड़ी में सरकार जनता को सुरक्षित रखने के लिए प्रयासरत है यह सहभागिता के बिना सम्भव नहीं है उन्होंने लोगों से अपने घरों में रहकर सरकार का सहयोग करने की अपील की

रामगढ़ कोरोना रामगढ़ जिला प्रशासन कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव और इसके रोकथाम के लिए सर्तक है ग्रामीण क्षेत्रो में भी लोग कारोना को लेकर काफी सजग दिख रहे है अपने गांव में बाहरी ब्यक्ति को गांव में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी है वहीं प्रशासन ने वैसे सभी व्यक्ति जो कि हाल ही में विदेश से या अन्य राज्य से लौटे हैं उनमें कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधित किसी तरह के कोई भी लक्षण पाए गए हैं

बाहर से आये लोगो को उनके हाथ मे क्वॉरेंटाइन संबंधित मुहर भी लगाई जा रही है इस संबंध में जिले के उपायुक्त ने बताया कि ऐसे लोग बाहर घूमते नजर आने पर जिला नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर पर संपर्क करने के आदेश जारी किए गए हैं

इसका आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सुचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा जिसे रात आठ बजे क्षेत्रीय भाषाओं में दोबारा सुना जा सकता है

शहर के आधा दर्जन होटलों को क्वॉरेंटाइन व आईसोलेशन सेंटर का रूप देने का काम किया गया है इन होटलों के प्रबंधन को प्रशासन द्वारा तैयारी कर लेने का निर्देश दिया है सिविल सर्जन डॉ कृष्ण कुमार ने बताया कि होटल ए के इंटरनेशनल कैनरी इन श्री विनायक उपकार होटल मनोकामना और अरण्य विहार को क्वारेन्टीन सेंटर के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी की गई है उपायुक्त डॉ भुवनेश प्रताप सिंह ने कहा कि इन होटलों के अलावा सीआरपीएफ और बीएसएफ के सेंटर एनटीपीसी के कुछ भवन स्वास्थ्य केंद्र कॉलेज को भी क्वॉरेंटाइन सेंटर आइसोलेशन सेंटर के रूप में इस्तेमाल किए जाने की स्वीकृति मिली है जरूरत पड़ने पर इन सेंटरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा बोकारो कोरोना संपूर्ण लॉक डाउन के दौरान किसी भी गरीब को खाने पीने की कमी ना हो इस पर बोकारो जिला प्रशासन बारीकी से नजर बनाए हुए हैं जिले के उपायुक्त मुकेश कुमार ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ग्रामीण इलाकों का भ्रमण किया

रामायण का प्रसारण राष्ट्रीय चौनल पर सुबह नौ से दस बजे तक और रात नौ से दस बजे तक किया जा रहा है

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इन धारावाहिकों का प्रसारण फिर से शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है

झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस संबंध में आज अधिसूचना जारी कर दी है

इसके साथ ही सरकार ने आइएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के पद पर नियुक्त किया है हत्या पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर थाना के गुंडरी गांव में एक ग्रामीण की हत्या की दी गई है इस मामले में पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा ने बताया कि मृतक का संबंध माओवादी दस्ते से रहा है उन्होंने बताया कि माओवादी संगठन सुरेश के दस्ते द्वारा इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है और गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है अर्ज्न मुंडा कोरोना महामारी से निपटने के लिए मदद के लिए लगातार हाथ बढ़ रहे हैं जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और खूंटी के सांसद अर्जुन मुंडा ने सांसद निधि से एक करोड़ रुपये की राषि दी है श्री मुंडा ने खूटी उपायुक्त को कोरोना वायरस से बचाव के लिए यह सहायता राषि प्रदान की है

रांची के सांसद संजय सेठ द्वारा आज तीसरे दिन विभिन्न क्षेत्रों में करीब पंद्रह सौ मोदी आहार पैकेट भोजन का वितरण किया गया जमाखोरी की षिकायत पर साहिबगंज एसडीओ की ओर से की की गई छापेमारी में एक गोदाम को सील कर दिया गया है